राइट टू हेल्थ लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आज कहा कि प्रदेश को देश में सबसे स्वस्थ राज्य बनाने के उद्देश्य से राइट दू हेल्थ को कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जाएगा श्री सिलावट ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो अपने नागरिकों को स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार देगा श्री सिलावट ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के उद्देश्य से महानगरों के प्रत्येक वार्ड में संजीवनी क्लीनिक प्रारंभ किए जाएंगे इसके अलावा भी स्वास्थ्य सुविधा बढाने के लिए अन्य कई कार्य किए जा रहे हैं

विशेष न्यायाधीश एसबी साहू ने सभी आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं

गौरतलब है कि व्यापमं मामले में एसटीएफ की यह पहली एफआईआर थी एफआईआर दर्ज होने के कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते व्यापमं घोटाले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई को सौंप दी गई थी

लेटरल एंट्री केन्द्र सरकार ने आज कहा है कि लेटरल एंट्री यानी किसी संवर्ग में अलग से भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण नीति लागू करना व्यवहारिक नही है

उन्होंने कहा कि इस तरह के सभी चयन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किए जाते हैं मछली पालन दिवस केन्द्रीय पशुपालन डेयरी और मछली पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में मछली पालन के क्षेत्र में आपार संभावनाए हैं वे आज नई दिल्ली में विश्व मछली पालन दिवस के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि देश में मछली उत्पादन एक करोड़ तीस लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है अगले पांच वर्षों में मछली उत्पादन दो करोड़ मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि मछलियों में बीमारियों की रोकथाम के लिए नीति तैयार की जा रही है गिरिराज सिंह ने मछली पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले मछली पालकों को पुरस्कृत किया

केन्द्र सरकार ने देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक स्थलों पर विदेशी भाषाओं में संकेत पट्टिकाएं लगाने का फैसला किया है इसकी शुरुआत प्रदेश के सांची से हई है संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ऐसी ही पहल देश के सभी पर्यटक स्थलों पर की जाएगी और वहां आने वाले पर्यटकों की भाषा में संकेत पट्टिकाएं और संदेश लिखे जाएंगे इससे विदेशी पर्यटकों में अपनेपन का भाव प्रबल होगा

श्री कमलनाथ आज भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में नव नियुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के आधारभूत और व्यवसायिक प्रशिक्षण का शुभारंभ कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश और पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है उन्होंने कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बदली परिस्थितियों में आम नागरिकों के लिए बेहतर सेवाओं का स्वरूप क्या होगा इसके लिये व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है इस मौके पर नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने कहा कि नगरों का विकास इस तरह से करें कि पूरे देश में हमारे शहर नगरीय विकास के मॉडल बनें उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय अपनी सम्पत्तियों का उपयोग अतिरिक्त आय बढ़ाने में करें जिससे शहर आत्म निर्भर बनें सकें

सुरक्षा व्यवस्था में करीब चार हजार अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं जिनमें जिला पुलिस बल एसएएफ एसटीएफ शामिल हैं इस तब्लीगी इज्तिमा में देश विदेश की मुस्लिम जमातें हिस्सा लेती हैं और इस दौरान इस्लाभिक विद्वान अपनी तकरीरें पेश करते हैं इज्तिमा में पहली बार इस्तेमाल किए जाने वाले एप और क्यूआर कोड को आज सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने लॉच किया इस एप के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्ति नमाज स्थल बुजु स्थल पानी शौचालय अस्पताल पार्किंग कन्ट्रोल रूम की जानकारी के साथ हेल्प डेस्क से सहायता भी प्राप्त कर सकेंगा रेल प्रशासन ने इज्तिमा के दौरान भोपाल आने और वापस जाने वाले धर्मावलम्बियों के लिये सोलापुर भोपाल और कुरनूल सिटी भोपाल के बीच इज्तिमा विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है एयर पिस्टल महिलाओं की दस मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की मनु भाकड़ ने पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास बनाया है

भारत की ही यशस्विनी सिंह देशवाल अंतिम स्पर्धा में छठे स्थान पर रही सर्बिया की जोराना अरुनोविच ने रजत और चीन की क्विआन वांग ने कांस्य पदक जीता क्रिकेट भारत और बंगलादेश के बीच दिन रात का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कल से कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जायेगा इस मैच में गुलाबी गेंद का इस्तेमाल किया जायेगा दोनो देशों के बीच श्रृंखला का यह दूसरा और अंतिम मुकाबला है मैच दिन में एक बजे से शुरू होगा

वहीं शिवपूरी में दो उरर्वक विक्रेताओं के लायसेन्स निलंबित कर दिये गये हैं शहडोल में आज गुरू नानकदेव जी प्रांतीय ओलपिंक प्रतियोगिता के संभागीय मुकाबले खेले गये

वहीं निवाड़ी में आज इस प्रतियोगिता का समापन हो गया

राजगढ़ में स्वच्छता अभियान के दूसरे दिन आज कलेक्टर की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाया गया